इस सत्र के दौरान रेलवे सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर्यटन और स्वास्थ्य सहित विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर विचार होगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेन्सी संशोधन विधेयक एयरकाफ्ट संशोधन केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक सहित कई विधेयक सत्र के दौरान पेश किये जायेंगे

साथ ही मामले की उच्चस्तरीय जांच भी की जायेगी लिखित सहमति बनने के बाद धरनार्थियों ने शव उठाकर धरना समाप्त किया कल शाम न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में युवक के शव का पोस्टमार्टम हुआ

प्रदेश में चल रहे सघन मिशन इन्द्रधन्ष टीकाकरण अभियान का चौथा चरण आज से शुरू होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक नरेश ठकराल ने ये जानकारी दी

ये टीके दस जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए लगाये जा रहे है

केन्द्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सिलसिले में एक सप्ताह का विशेष अभियान शुरू किया है इसके तहत बालिकाओं और महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने के आंदोलन को और तेज किया जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उनका मंत्रालय देशभर के स्कूलों और कॉलेजों में आठ मार्च को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन करेगा

महिला अधिकारिता विभाग के निदेशक पी सी पवन ने बताया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ आज जयपुर से होगा

इधर पत्र सूचना कार्यालय की ओर से आज जयपुर में महिलाओं में कौशल और उद्यमिता के विकास पर र्गोल मेज सम्मेलन आयोजित किया जायेगा प्रदेश में परिवहन विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी आज पैदल साईकल या सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग कर अपने कार्यालय पहुंचेंगे

राजस्थान हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन आरएसडीसी का तीन दिवसीय हैण्डलूम उत्सव आज से जयपुर में शुरू हो रहा है

जैसे जैसे होली का त्यौहार नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में होली का उल्लास बढ रहा है भरतपूर के ब्रज क्षेत्र में कल जहां हास्य व्यंग्य कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ वहीं श्रीगंगानगर करौली सहित कई जिलों में चंग की थाप परसांस्कृतिक कार्यकम हो रहे है श्रीगंगानगर में ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान लोगों ने पुरानी कला को जीवित रखने और नशा नहीं करने का संकल्प लिया